अमित शाह गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत ने कोविड का अब तक सफलतापूर्वक मुकाबला किया है उन्होंने कहा कि देश पूरी बहादुरी के साथ इस महामारी से संघर्ष कर रहा है और पूरी दुनिया इसे देख रही है

उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों ने सिद्व कर दिया है कि वे न केवल आतंकवाद से लड़ना जानते हैं बल्कि लोगों के सहयोग से महामारी से भी लड़ सकते हैं

क्लीनिकल जांच में संतोषजनक नतीजे प्राप्त होने के बाद इस औषधि के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है सामान्य से गंभीर त्वचा रोगियों के उपचार के लिए पहले से ही आइटोलिजुमैब टीके के इस्तेमाल की अनुमति मिली हुई है सलाह आन कोविड जांच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि कोविड जांच के लिए उपलब्ध थेरैपी का उपयोग केवल उन्हीं स्वास्थ्य केंद्रों में ही होना चाहिए जहां रोगियों पर समुचित निगरानी रखी जा सके भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने ऑक्सीजन थेरैपी स्टीरॉयड और समुचित देखभाल पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की है रोगियों और परिजनों के मानसिक स्वास्थ्य परामर्श पर भी बल दिया गया है मामूली संक्रमण में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उपयोग की सिफारिश की गई है

फास्टैग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करते समय फास्टैग ब्यौरा जुटाने का फैसला किया है मंत्रालय ने इस बारे में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है मंत्रालय ने बताया है कि फास्टैग राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर कोविड फैलने की संभावनाओं को कम करने में भी प्रभावी होगा

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इस उपलब्धि को महत्वपूर्ण बताया है उन्होंने टवीट कर कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत का शानदार उदाहरण है जिसे संकल्प से सिद्धि के जरिए प्राप्त किया गया है श्री जावडेकर ने कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बाघों की संख्या दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित समय से चार वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है

इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा जिले में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया

उन्होंने बताया कि जिले में रिकवरी रेट काफी बेहतर है और ग्रामीण हरी क्षेत्रों में लोगों को मास्क पहनने हेतु जागरूक करने के साथ ही सामाजिक दूरी का बेहतर तरीके से पालन कराया जा रहा है

इस नदी के जरिए ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण सहित गैरसैंण क्षेत्र को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी

इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देने की योजना है जिसमें स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाएगा जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि मोथूगाढ़ नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जीपीएस सिस्टम के तहत बड़े स्तर पर प्लान तैयार किया गया है मोथूगाढ़ नदी पुनर्जीवन परियोजना के तहत चौराखाल दूधातोली कुडियाबगड़ और मूसा का कोठा आरक्षित रिजर्व जोन है देवधार देवालीखाल घडियालखाल हिमवालघाट परवारी नंदादेवी और सिलकोट अनारक्षित रिजर्व जोन है इन सभी क्षेत्रों को रिचार्ज करने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है स्थानीय लोग इस परियोजना को लेकर उत्साहित है उनका कहना है कि इससे क्षेत्र के खेतों को भी फायदा होगा और पर्यवारण को भी महापौर भाजपा में शामिल हरिद्वार जिले की रुड़की नगर निगम के महापौर गौरव गोयल ने आज अपने बारह पार्षद सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है भाजपा प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष बंशीधर भगत और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मेयर श्री गोयल और उनके सहयोगियों को भाजपा की सदस्यता दिलाई इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज रुड़की मेयर और उनके साथियों के भाजपा में शामिल होने से निश्चित रूप से भाजपा को और अधिक मजबूती मिलेगी

जिलों में आज हल्की से मध्यम वर्षा हुयी और कहीं कहीं गरज के साथ बौछार होने से तापमान में कमी आयी है इसके साथ ही पर्वतीय अंचल में कहीं कहीं सड़क यातायात प्रभावित हुआ है

उन्होंने लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आंमत्रित किया गया है